इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेगी मुख्यमंत्री खमनोर से हल्दीघाटी होते हुए गोगुन्दा पहुंचेगी और वहां आमसभा को सम्बोधित करेगी दोपहर में झाडोल मुख्यालय पर भी उनकी सभा होगी इसके बाद खेरवाड़ा मुख्यालय में जनसभा का कार्यक्रम है शाम को मुख्यमंत्री डूंगरपुर पहुंचेगी

इससे पहले कल से शुरू हुई इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने राजसमंद जिले में अस्सी करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्रदेशभर में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी

ब्रॉडबैण्ड की सुविधा जारी रहेगी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव प्रेमचन्द बरवाल ने आकाशवाणी को बताया कि असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र पर लिखे सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए और ड्रेस कोड अनुसार परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना चाहिए सवाईमाधोप्र जिले के रणथम्भौर में कल तालाब में डूबने से चार बच्चों की मौत हो गई

जयपुर के घाटघेट क्षेत्र में जुलाहो की मस्जिद के कई लोग घूमने के लिए रणथम्भौर गये थे इस दौरान ये बच्चे अंपने परिजनों से अलग हो गये और रणथम्भौर स्थित पद्मला तालाब में नहाने लग गये इस दौरान वे गहरे पानी में चले जाने से डूब गये इधर ड्रूंगरपुर सागवाडा रोंड पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों की मृत्यु हो गई

वहीं बीकानेर में कल सूरसागर तालाब में काम कर रहे एक मजदूर की दीवार ढहने से मौत हो गई वस्तु और सेवाकर परिषद ने रुपे डेबिट कार्ड भीम आधार यूपीआई और यूएसएसडी के माध्यम से भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कैश बैक ऑफर को यह प्रस्ताव मंजूर किया गया है

एक बार इसे लागू करने के बाद उपभोक्ता कैशबैक के रूप में कुल जीएसटी राशि का बीस प्रतिशत प्राप्त कर सकेगा बशर्ते उसकी अधिकतम सीमा सौ रुपये हो सात उच्च न्यायालयों में नये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काल्पेश सत्येन्द्र झावेरी की पर्दोन्नति कर उन्हें ओडिशा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है

जिला और सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को सलमान की ओर से विदेश में शूटिंग के लिए जाने की स्थायी अन्मति के आयेदन को खारिज कर दिया था इसके बाद सलमान की ओर से कल फिल्म शूटिंग का शिड्यूल पेश कर विदेश जाने की अनुमति मांगी गई जिसे स्वीकार कर लिया गया इधर जिला और सत्र अदालत में सलमान को पांच साल की सजा के खिलाफ अपील पर बहस कल दूसरे दिन भी अध्री रही